उन्होंने कहा कि ऊर्जा और बिजली की बचाई हर यूनिट किसी अन्य की बिजली की जरुरत को पूरा करेगा राजभवन सेक्सन की राजधानी बिजली इकाई के तीन बिजली विभाग अधिकारियों को सम्मानित करते हुए राज्यपाल ने यह बात कही राजभवन सड़क के प्रकाश व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर उर्जा और लागत की बचत का परिणाम देने के पीछे कड़ी मेहनत को सलाम करते हुए राजभवन में बिजली विभाग के तीन अधिकारियों को सम्मानित किया कार्यक्रम में नागरिकों से उर्जा संरक्षण में योगदान की अपील करते हुए राज्यपाल ने लोगों के बीच उर्जा संरक्षण पर जागरुकता कार्यक्रम चलाने पर भी बल दिया विश्व बैंक और उद्योगिक नीति एवं संर्वधन विभाग द्वारा हाल ही में तैयार किए कारोबार करने में आसानी सूची में अरुणाचल सूची के निचले तीन श्रेणी में है सांसद निनोंग ईरिंग ने केंद्र को संबद्ध श्रेणी की ओर ध्यान दिलाते हुए सूची में प्रदेश के श्रेणी को बेहतर बनाने और अरुणाचल प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए केंद्र से मदद मांगी उन्होंने सड़क मार्ग के बदहाल हालत हवाई कनेक्टिविटी और इंटरनेट के खराब सुविधा को व्यापार अनुकूल वातावरण न दे पाने का कारण बताया श्री ईरिंग ने कहा कि जबतक इन संबंद्ध क्षेत्रों को सुधारा नहीं जाएगा तब तक प्रदेश में कारोबारियों के लिए मजबूत आधार स्थापित करना मुश्किल होगा नई दिल्ली में कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गांगवार से मुलाकात की मुलाकात के दौरान श्री खांडू ने प्रदेश में कामगारों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराते हुए उनके लिए कल्याण उपाय अपनाने का अनुरोध किया श्री खांड् के साथ इस मुलाकात में प्रदेश जल विद्युत विधायी सचिव फोसुम खीमहुन भी मौजूद थे राज्य सरकार ने पूर्व विधायक डूरांग पिंच की मौत के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सी बी आई को सौंप दिया है गौरतलब है कि अब तक पुलिस मुख्यालय ईटानगर के अपराध शाखा एस आई टी इस मामले की जांच कर रहा था लेकिन श्री पिंच के मौत के सात महीने से ज्यादा वक्त बित जाने के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ पाया है पिछले वर्ष अट्ठारह नवबंर को अपने दोस्तो के साथ राफ्टिंग अभियान के दौरान रहस्यमय ढंग में श्री पिंच को मृत पाया गया था भारी भूस्खलन होने के वजह से भालूकपोंग चारद्वार तवांग बी सी टी सड़क मार्ग पर उन्नीस से अटठाईस जुलाई तक यातायात बंद रहेंगी इलाके में अक्सर हो रहे वर्षा के कारण जमीन के ढीले होने से बी सी टी सड़क मार्ग के कई स्थानो पर भारी भूस्खलन होने के बी आर टी एफ से रिपोर्ट मिलते ही वेस्ट कामेंग उपायुक्त डॉ सोनल स्वरुप ने वाहनों के अवगमन को बाधित करने के लिए एक नोटिस जारी किया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मौसम में सफर करने वालों का सफर जौखिम भरा हो सकता है भालुकपोंग और नाग मंदिर के पुलिस चेक पोस्ट को भी यातायात के आवाजाही को रोकने की आज्ञा को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है लोअर दिवांग वैली जिला उपायुक्त मिताली नामचुम ने कहा कि जिले के शिक्षण संस्थानों से सौ यार्ड के रेडियस में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादन बिक्री करने वाले द्रकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा जिला उपायुक्त ने जानकारी दी की फ्लाईंग स्क्वाड का गठन कर नाबालिकों को गैर कानूनी रुप से तंबाकू बेचने वालों की जांच के लिए समय समय पर छापा मारा जाएगा रोईंग में कल सुश्री नामचुम राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एन टी सी पी और तंबाकू नियत्रंण कानून कोटपा पर जिला स्तरीय संवेदीकरण और ओरिएनटेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी

बैठक को संबोधित करते हुए दिरांग अतिरिक्त जिला उपायुक्त दागबाम रिबा ने किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मत्स्य आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन और हॉमस्टे चलाने पर बल दिया चुग गांव को मॉडेल गांव चूने जाने पर थेमबांग ब्लॉक अंचल अधिकारी डॉ डेचिन ड्रोका ने गांव वालो को बधाई दी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के कई हिस्सों में भीड़ द्वारा लोगों को पीट पीटकर मार डॉलने की घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है लोकसभा में कांग्रेस सदस्य के सी वेणुगोपाल की बात का जवाब देते हुए श्री सिंह ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के कारण ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही है उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों और सोशल मीडिया सेवा प्रदाता को इससे निपटने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है